प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कान्फ्रॅस के जरिए आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षान्त समारोह को संबोधित करते हुए आशा व्यक्त की कि युवाओं के सपनों से ही आने वाले दिनों में देश की वास्तविकता आकार लेगी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोडना है स्टूडेंट्स को अपने मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ने की ज्यादा आजादी मिले इसलिए राष्ट्रीय शिव्वा नीति को मल्टी डिसीप्लेनरी बनाया गया सब्जेक्ट की फलैक्सीबिलिटी दी गई है मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट के अवसर दिये गये है और सबसे अहम देश की नई एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन को टैक्नोलॉजी से जोड़ेगी टैक्नोलॉजी को हमारे स्टूडेंट्स की थिंकिंग का इंटीगल पार्ट बनाएगी यानी स्टूडेंट्स टैक्नोलॉजी के बारे में मी पढ़ेंगे और टैक्नोलॉजी के जरिये भी पढ़ेगे एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी का इस्तेमाल हो ऑनलाइन लर्निंग बदे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके रास्ते खोल दिये गये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म जगत को आश्वस्त करते हुये कहा कि पचास साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर राज्य में फिल्म सिटी का निर्माण किया जायेगा जो न सिर्फ सिनेमा जगत की कसौटी पर खरी उतरेगी बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक नजीर पेश करेगी यमुना एक्सप्रेस वे सेक्टर इक्कीस में लगभग एक हजार एकड़ में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर श्री योगी ने आज सिनेमा जगत की महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश में अपूर्णता का कोई स्थान नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योगपतियों उद्यमियों और निवेशकों से राज्य में निवेश का आह्वान किया है उन्हॉने कहा कि उत्तर प्रदेश इस समय निवेश का सर्वोत्तम गंतव्य है मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गौतमबुद्व जिले में नोएडा को उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया जाएगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन्येस्ट यूपी कार्यक्रम की बैठक में अध्यक्षता करते हए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश दस खरब अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनने का सपना साकार करने की राह पर आगे बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को पचास खरब की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य रखा है उसे पाने में उत्तर प्रदेश का योगदान रहेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए बीस हजार एकड़ भूमि तैयार है राज्य सरकार जल्दी ही व्यापक भूमि नीति लाएगी इसके अलावा औषधि नीति और डेटा नीति भी तैयार की जा रही है केन्द्र सरकार ने रबी की छह फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है

श्री तोमर ने बताया कि सरकार ने पिछले छह वर्षो में सरकारी खरीद के लिए किसानों के लिए लगभग सात लाख करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रबी की छह फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार का प्रत्येक दिन और प्रत्येक क्षण किसानों और गरीबों के हित के लिये समर्पित है सरकार का यह प्रयास किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है आज विश्व गेंडा दिवस है इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत में एक सींग वाले गेंडों की संख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश असम और पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले तीन हजार गेंडे हैं अपने संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय ने भारत में एक सींग वाले गैंडों के लिए राष्ट्रीय संरक्षण नीति शुरू की है उन्हॉने कहा कि गेंडों के संरक्षण की पहल से चारागाह भूमि का प्रबंधन भी समृद्ध हुआ है देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा एक लाख को पार कर गया है ठीक होने की दर अस्सी दशमलव आठ छह प्रतिशत हो गई है इस दौरान एक लाख एक हजार चार सौ अड़सठ कोविड मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक कुल चौवालिस लाख सत्तानबे हजार आठ सौ सड़सठ मरीज स्वस्थ हो चुके हैं